आज वीडियो कान्फ्रेंस के जरिये दस राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बातचीत में श्री मोदी ने कहा कि सबसे अधिक महत्वपूर्ण बात लोगों का विश्वास है जो बढ़ रहा है और डर दूर हो रहा है

राज्य में कोरोना संक्रमण के मामलों में पिछले कई दिनों से तेजी बनी हुई है

हमारे सीकर संवाददाता ने बताया कि जिले में कोरोना के लगातार बढ़ते मामलों के मद्देनजर जिला प्रशासन ने सख्ती बढा दी है

देश में आज पिछले दिनों के मुकाबले कम संख्या में कोरोना संक्रमण के मामले दर्ज हुए है

मृत्यु दर घटकर दो प्रतिशत से नीचे चली गई है अब देश में कोरोना से मृत्यु दर एक दशमलव नौ नौ प्रतिशत रह गई है पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की हालत ऑपरेशन के बाद नाजुक बनी हुई है और उन्हें वेंटीलेटर के जरिए कृ त्रिम श्वांस दी जा रही है उन्हें कल नाजुक हालत में दिल्ली छावनी में सेना के रिसर्च एंड रेफरल अस्पताल में भर्ती कराया गया था अस्पताल के सूत्रों ने बताया है कि दिमाग में खून का थक्का जमने की वजह से उनकी आपात शल्य चिकित्सा की गई

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि उनकी सरकार सुरक्षित है और आगे भी सुरक्षित रहेगी मुख्यमंत्री ने कहा कि जो विधायक नाराज है उनसे बातचीत कर जो समस्याएं होगी उनका समाधान करने का प्रयास किया जायेगा

वहीं भारतीय जनता पार्टी ने आज प्रस्तावित अपनी विधायक दल की बैठक स्थगित कर दी इस पूरे घटनाक्रम पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए प्रतिपक्ष के नेता गुलाबचन्द कटारिया ने कहा कि कांग्रेस की आपसी लड़ाई और गुटबाजी से राज्य की जनता का नुकसान हुआ है इस पूरे मामले पर बसपा ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है बसपा प्रमुख मायावती ने कहा कि अब राज्य सरकार सुरक्षित नजर आ रही है लेकिन दोनों नेताओं के पुराने टकराव से आम जनता के कार्य प्रभावित हुए है उच्चतम न्यायालय ने आज एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि हिन्दू अविभाजित परिवार की पैतृक संपत्ति में बेटियों का भी बेटे की तरह समान अधिकार होगा

इसके तहत पैतृक संपत्ति में बेटियों को बराबर का हिस्सा देने की बात कही गई थी जलशक्ति मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत ने आज नई दिल्ली में सप्ताह भर तक चलने वाले गंदगी मुक्त भारत अभियान के तहत स्वच्छ भारत मिशन अकादमी का शुभारम्भ किया श्री शेखावत ने इस अवसर पर निःशुल्क आईवीआर आधारित टेलीफोन नम्बर डायल कर इस अकादमी का लोकार्पण किया उन्होंने कहा कि खेच्छ भारत मिशन अकादमी मोबाइल टेलीफोन टेक्नोलॉजी पर आधारित है और इससे स्वच्छाग्रहियों एनजीओ और अभियान के दूसरे चरण के अन्य साझेदारों को प्रशिक्षण देकर उनकी क्षमता बढ़ाने में काफी मदद मिलेगी केन्द्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कृषि मेघ परियोजना का शुभारम्भ किया श्री तोमर ने कहा कि इस परियोजना से कृषि शिक्षा से संबंधित छात्रों अनुसंधानकर्ताओं वैज्ञानिकों और विश्वविद्यालयों के लिए एक बेहतर मंच मिलेगा उन्होंने कहा कि डिजिटल भारत को आगे बढ़ाने में कृषि मेघ परियोजना महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी राज्य के विभिन्न जिलों में अगस्त क्रांति सप्ताह के तहत विभिन्न कार्यक्रम हुए

दौसा में आज कोरोना वॉरियर्स सफाई कर्मचारियों का सम्मान समारोह आयोजित किया गया ब्रंदी प्रतापगढ़ में भी सफाई कर्मियों को कोविड गाइडलाइन की पालना के प्रति जागरूक किया गया और उन्हें सम्मानित किया गया

राज्यपाल कलराज मिश्र ने खुदीराम बोस के बलिदान दिवस पर उन्हें नमन किया है

राज्यपाल कलराज मिश्र ने कृष्ण जन्माष्टमी पर्व पर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं उन्होंने कहा कि हमें युग पुरूष श्री कृष्ण के उपदेशों से प्रेरणा लेनी चाहिये उन्होंने लोगों से घर में रहकर पूजा करने का आग्रह किया है

उन्होंने कहा कि सभी प्रदेशवासी भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में ना जाकर अपने घरों में रहते हुए जन्माष्टमी पर्व उत्साह से मनाए इस बीच प्रदेश के विभिन्न कृष्ण मंदिरों में जन्माष्टमी पर्व मनाने की तैयारियां की जा रही है कोविड महामारी के कारण मंदिर हालांकि बंद है लेकिन कई मंदिरों ने श्रद्वालूओं को वर्चअल तरीके से जन्माष्टमी पर्व में शामिल करने की तैयारी की है वहीं कौमी एकता के प्रतीक झुन्झुन्ं जिर्ल के नरहड में सूफी संत हजरत शकरवार शाह नरहड दरगाह में भाद्रपद जन्माष्टमी मेला इस बार नहीं भरेगा कोरोना संक्रमण के कारण यह मेला स्थगित किया गया है इस बीच प्रदेश के कई स्थानों पर कृष्ण जन्माष्टमी आज मनाई जा रही है उदयपुर में आज जगदीश मंदिर में मंगला आरती हुई मध्यरात्रि भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव होगा जिसके दर्शन श्रद्दालुओं को सोशल मीडिया के जरिए सुलभ होगें राज्य में मॉनसून की सक्रियता के कारण कई जगह अच्छी बारिश हुई है

इसके अलावा भरतपुर करौली जयपुर अलवर टोंक बूंदी सहित कई जगह बारिश हुई है आज सुबह बारां और झालावाड़ जिलों में कई स्थानों पर जोरदार बारिश की खबर है इस बीच मौसम विभाग ने बारा भीलवाड़ा बूंदी चित्तौडगढ़ झालावाड़ कोटा राजसमंद सिरोही टोंक और उदयपुर जिलों में कहीं कहीं भारी बारिश की संभावना जताई है विभाग ने कल कुछ स्थानों पर भारी से बहत भारी बारिश की चेतावनी दी है

पत्र सूचना ब्यूरो के एक ट्वीट में बताया गया है कि भारतीय सेना द्वारा कोई जांच आदेश नहीं दिये गये हैं